देशभर के जवाहर नवोदय विद्यालयों में पांच हजार सीटें बढ़ाने को मंजूरी दी गई प्रदेश में कई स्थानों पर हुई वर्षा और ओलावृष्टि के कारण तापमान में आई गिरावट

सूत्रों ने बताया कि इस आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिल सकता है जिनकी सालाना आमदनी आठ लाख रुपये से कम है और उनके पास पांच एकड़ तक कृषि भूमि है

सरकार इस बारे में आज संसद में संविधान संशोधन विधेयक ला सकती है इस निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया देते हए केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने कहा पहले से ही इसकी मांग चली आ रही थी कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए सभी सामान्य वर्गों को दिया जाए बीजेपी की यह मांग रही है जिसको प्रधानमंत्री जी ने आज प्ररा करने का काम किया है मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं हमारे लिए यह जरूरी था जिसको हमने करके दिखाया है

सबको साथ लेकर चलते हैं प्रधानमंत्री स्वर्ण सामाज में भी बहुत बड़ी तादाद में गरीब लोग हैं और उनके मन में भी था कि जब सबको आरक्षण मिल रहा है तो स्वर्ण समाज में जो गरीब है उसका भी इस देश के संसाधन पर हक है और वो हक देने का काम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल को सरकार द्वारा दिए गए ठेकों के बारे में लोकसभा में दिए अपने वक्तव्य पर कांग्रेस की आशंकाओं को खारिज कर दिया है शूल्यकाल के दौरान कल लोकसभा में श्रीमती सीतारमण ने हथियारों की खरीद के लिए दिए गए ठेकों के ब्यौरे दिए ख्रामंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय को एचएएल से इस बात की पुष्टि प्राप्त हुई है कि दो हजार चौदह अट्ठारह के दौरान छबीस हजार पांच सौ सत्तर करोड़ रूपए से अधिक के ठेकों पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं

इस संबंध में जो भी संदेह किये जा रहे वे गलत हैं और भ्रामक हैं

उन्होंने कहा कि ठेकों के बारे में उनके वक्तव्य पर शंका की खबरें गुमराह करने वाली है इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रक्षामंत्री पर आरोप लगाया था कि वे एच ए एल से एक लाख करोड़ रूपए के हथियारों की खरीद के आर्डर पर झूठ बोल रही हैं संसद से बाहर संवाददाताओं से बातचीत में केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया क्या राहल गांधी राफेल का विरोध इसीलिए कर रहे हैं कि यूरो फाइटर के लॉबिस्ट के वो दबाव में हैं क्रिस्चियन मिशेल से अपने संबंधों को वो इंकार नहीं कर सकते लीडिंग फ़मिली की चर्चा अगस्ता वेस्टलैंड में भी हो रही है और यहां भी हो रही है लोकसभा ने पर्सनल लॉ संशोधन विधेयक दो हजार अट्ठारह पास कर दिया है इसमें कुष्ठ रोगियों के अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान है केंद्रीय विधि और न्याय राज्यमंत्री पीपी चौधरी ने विवेयक पेश करते हुए कहा कि कुष्ठ रोग का इलाज संमव है इसलिए इस रोग के आधार पर विवाह विच्छेद करने या तलाक लेने को समाप्त करने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है भीम ऐप के माध्यम से लेन देन का आंकड़ा दिसंबर दो हजार अट्वारह में एक लाख करोड़ रुपये को पार कर गया केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि इस ऐप पर आधारित भुगतान का मूल्य दो हजार सत्रह के दिसंबर माह में एक लाख दो हजार पांच सौ चौरानवे करोड़ रुपये था श्री प्रसाद ने बताया कि भीम वित्तीय लेन देन का अनूता माध्यम है जो लोगों में बहुत लोकप्रिय है

इन अतिरिक्त सीटों पर दो हजार उन्नीस वीस के शैक्षिक सत्र में दाखिले किए जाएंगे एक वक्तव्य में श्री जावडेकर ने कहा कि जवाहर नवोदय विद्यालयों में अब सीटों की संख्या छियालिस हजार छह सौ से बढ़कर इक्यावन हजार हो गई हैं उन्होंने कहा कि पहली बार ग्रामीण छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है आकाशवाणी समाचारों का प्रसारण आज से निजी एफएम चैनल भी करेंगे सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन रावौड़ आज नई दिल्ली में एक समारोह में इसका शुभारंभ करेंगे आकाशवाणी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में सूचना और प्रसारण मंत्री श्री राठौड़ ने कल कहा कि यह एक सकारात्मक और स्वागत योग्य कदम है क्योंकि रेडियो नागरिकों के लिए सबसे बड़ा जन संचार माध्यम है लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो जागरूकता होनी चाहिए और जो माध्यम सबसे ज्यादा सुना जाता है उसके ऊपर अगर खबरें न हों तो एक अटपटा सा लगता है रेडियो के ऊपर कल से शुरू हो रही हैं खबरें

सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम से रेडियो की फिर से लोकप्रियता बढ़ी है उन्होंने कहा कि आकाशवाणी का एफएम चैनल देश में पचास प्रतिशत आबादी में सुना जा रहा है और निजी चैनलों को विमिन्न शहरों और कस्बों में यह अवसर दिए जा रहे हैं केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कल नई दिल्ली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए उन्हें ये प्रस्कार दो हजार सत्रह अट्ठारह में सराहनीय उपलब्धियों के लिए दिए गए हैं श्रीमती मेनका गांधी ने आंगनवाड़ियों के लिए उपलब्ध कराए गए संसाधनों के बच्चों तक न पहुंचने पर चिंता व्यक्त की उन्होंने आगंनवाड़ी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे सतर्क रहे और संसाधनों के किसी भी दुरूपयोग की जानकारी उपलब्ध कराएं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर प्रदेश में कथित रेत खनन घोटाले की जांच के सिलसिले में सीबीआई के द्रूपयोग का आरोप लगाया है संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने आरोप लगाया कि आगामी लोकसभा चुनावों में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए सीबीआई छापों के पीछे भाजपा का हाथ है बसपा प्रमुख मायावती ने एक जारी बयान में भारतीय जनता पार्टी पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो का इस्तेमाल करने के लिये षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया आरोप को खारिज करते हुए भाजपा ने कहा कि सीबीआई छापों को उनके राजनीतिक गठबंधन से जोड़कर दोनों दल समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उनके द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर थ्रष्टाचार से ध्यान हटाने की हताशा भरे कोशिश कर रहे हैं

इस एप पर मेला अवधि के दौरान चलने वाली सभी रेलगाड़ियों की जानकारी उपलब्ध रहेगी इसके अतिरिक्त इससे आरक्षित और अनारक्षित रेल टिकट भी खरीदे जा सकते हैं प्रदेश में कुछ स्थानों पर हई वर्षा और ओलावृष्टि के चलते कई जिलों में तापमान काफी नीचे आ गया है जहां वर्षा को किसानों के लिये फायदेमंद बताया जा रहा है वहीं ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान भी हुआ है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट कई जिलों में हई बारिश और ओलवृष्टि के बाद से ही पूरा प्रदेश सर्द हवाओं की गिरफ्त में है बारिश की वजह से दिन के तापमान में गिरावट आई जबकि रात का तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया गोंडा में दो लोगों की उस समय आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई जब वे बारिश के दौरान अपने खेतों में काम कर रहे थे तराई और खुले इलाकों में कई जगहों पर ओले गिरने से फसल को भी नुकसान पहुंचा है